मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी किसान के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में कोई त्र्टि मिलती है तो तत्काल सुधार किया जाए मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा पंजीयन के संबंध में सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं जारी निर्देश में कहा गया है कि किसानों से पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में गिरदावरी की स्थिति जानने के बाद यदि उसमें त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल सुधार किया जाए इसके अलावा पंजीयन के दौरान धान के वास्तविक रकबे की एंट्री न होकर कम रकबे की एंट्री हो गई हो तो रकबे में भी तत्काल सुधार किया जाए किसान आत्महत्या कोंडागांव जिले की तहसील बड़ेराजपुर के ग्राम मारंगपुरी में एक किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने पटवारी को निलंबित कर दिया है वहीं तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इस संबंध में जिला प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी थी जिसमें बताया गया है कि मृतक किसान के पुत्र की दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी जिससे वह अवसाद में था वहीं तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि मृतक किसान द्वारा ढाई हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर धान की फसल लगाई गई थी लेकिन त्र्टिवश सरकारी रिकॉर्ड में कम भूमि में धान की फसल की प्रविष्टि हो गई थी जिससे वह मानसिक रूप से व्यथित था हालांकि मृतक किसान ने प्रशासन को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी प्रशासन ने इस मामले में पटवारी को लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने किसान की आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार मृतक किसान के परिजनों को पच्चीस लाख रूपये का मुआवजा दे धान खरीदी अवैध धान परिवहन प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में कल चार दिसंबर तक छह लाख उन्नीस हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है

इस बीच महासमुंद जिले के कृषि उपज मण्डी पिथौरा में अवैध रूप से धान भंडारण करने वाले दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इनके पास से लगभग बासठ क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है मिली जानकारी के मुताबिक मुढ़ीपार चौक पिथौरा और ग्राम लारीपुर में दो लोगों के यहां छापा मारा गया जहां अवैध रूप से भंडारण किए गए धान को जब्त किया गया वहीं जिले के सरकडा सोसायटी में नयापारा के बजाय पटपरपाली में धान खरीदी केन्द्र बनाए जाने से नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन पर मुढ़ीपार चौक के पास चक्काजाम किया इससे पहले एक दिसंबर को किसान सोसायटी में तालाबंदी भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई है उधर सरगुजा जिले में लखनपुर विकासखंड के धान खरीदी केन्द्र में एक बिचौलिये द्वारा अवैध रूप से धान बेचने का प्रयास किया जा रहा था इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंची टीम ने उसके पास से दो सौ सत्तर बोरी धान जब्त कर समिति प्रबंधक के सुपुर्द किया लघ् वनोपज खरीदी राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब बावन लघ् वनोपजों की खरीदी करने का निर्णय लिया है पहले अड़तीस लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही थी चौदह नये लघु वनोपजों में पलास सफेद मूसली इंद्रजौ पताल कुम्हड़ा कुटज अश्वगंधा आवला सवई घास कांटा झाड़ तिखूर बीहन लाख क्समी बीहन लाख रंगीनी बेल और जामुन की खरीदी की जाएगी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग दो वर्षो में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या सात से बढ़कर बावन हुई है मुख्यमंत्री जशपुर दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने जशपुर प्रवास के दूसरे दिन जिले के ग्राम गम्हरिया के धान खरीदी केन्द्र पहुंचे और किसानों से चर्चा कर खरीदी केन्द्र में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किश्त का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही मार्च महीने में किया जाएगा उन्होंने किसानों को बताया कि वर्तमान खरीफ मौसम में खरीदे जा रहे धान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अतिरिक्त राशि की पहली किश्त आगामी मई महीने में दी जाएगी श्री बघेल ने धान की खरीदी और भुगतान के बारे में भी किसानों से पूछा इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिले की ग्राम पंचायत बालाछापर स्थित सरना एथेनिक रिसॉर्ट के पास समेकित चाय रोपण का भूमिपूजन किया और चाय के पौधे रोपे इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को चाय की खेती के लिए किसानों का समूह बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए साथ ही बाजार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर उपाय करने को भी कहा विस सत्र मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी इक्कीस दिसंबर से शुरू होगा यह सत्र तीस दिसंबर तक चलेगा इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और विशेष सचिव से चर्चा की श्री जैन ने सत्र के दौरान विभागों में विधानसभा प्रकोष्ठ का गठन करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि शासकीय विधि विषयक कार्य निर्धारित सात दिन पूर्व विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिए जाएं और विघेयकों के संबंध में चर्चा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएं उन्होंने लंबित आश्वासनों के उत्तर सत्र आरंभ होने के पूर्व विधानसभा को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए राम वनगमन परिपथ राज्य की कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर राम वनगमन परिपथ में आगामी चौदह से सत्रह दिसंबर तक पर्यटन रथ तथा बाईक रैली का आयोजन किया जाएगा यह रथ और रैली राज्य के उत्तर स्थित सीतामढ़ी हरचौका जिला कोरिया तथा दक्षिण में स्थित रामराम जिला सुकमा दोनों छोर से चौदह दिसंबर को प्रारंभ होगी जो विभिन्न मार्गों से होते हुए सत्रह दिसंबर को चंद्रखुरी में समाप्त होगी यह रैली चिन्हांकित पर्यटन स्थलों से एकत्र की गई मिट्टी और प्रतीक चिन्ह को साथ लेकर चंदखुरी पहुंचेगी जहां इस मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा

राज्य में कल एक हजार पांच सौ उनयासी नये मरीजों की पहचान की गई वहीं कल तेरह मरीजों की मौत भी हुई है प्रदेश में फिलहाल उन्नीस हजार तीन सौ इंक्यावन मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है उधर राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी खांसी बुखार या कोरोना से संबंधित अन्य लक्षण वाले मरीजों से बिना किसी डर के कोरोना जांच अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है विभाग ने कहा है कि कोरोना की जांच कराने में डरने की कोई बात नहीं है यह केवल अफवाह है कि कोरोना जांच करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजीटिव ही आएगी विभाग ने कहा कि जिले में अब तक लगभग डेढ़ लाख लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है जिसमें दस प्रतिशत यानी पंद्रह हजार लोग ही कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं वहीं रिकवरी दर लगभग नब्बे प्रतिशत है इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजेन्द्र प्रसाद ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

प्रारूप निर्माण समिति की ऑनलाइन बैठक के बाद कहा गया कि समिति शीघ्र ही इस प्रारूप को राज्य शासन को सौंपेगी बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अफताब आलम ने कहा कि प्रस्तावित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा

इसी कड़ी में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजधानी रायपुर के पास माना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए नमन करते हुए कहा कि बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली दीवार कहा जाता है श्री साहू ने कहा कि बीएसएफ पर देश को गर्व है छत्तीसगढ़ में भी माओवाद विरोधी अभियान में बीएसएफ की अहम भूमिका है गौरतलब है कि वर्ष उन्नीस सौ पैंसठ में भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद संसद में कानून बनाकर बीएसएफ की स्थापना की गई थी सशस्त्र झण्डा दिवस सशस्त्र सेना झण्डा दिवस इस वर्ष एक दिसंबर से इकतीस दिसंबर तक गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर रायपुर के संभाग आयुक्त जीआर चुरेन्द्र कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर कैप्टन सेवानिवृत्त अनिल चेंद्र पोखरियाल ने सभी नागरिकों से दान देने का आग्रह किया है दान की राशि आयकर से मुक्त रहती है गौरतलब है कि युद्ध में शहीद सैनिकों दिव्यांग सैनिकों उनके बच्चों विधवाओं के साथ पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हर वर्ष सात दिसंबर को मनाया जाता है उधर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का टोकन ध्वज लगाया इस मौके पर मुख्य सचिव ने सैनिक अधिकारियों को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की शुभकामनाएं दीं ट्रेन रवानगी कोरोना संक्रमण के कारण पिछले आठ माह से अधिक समय से बंद अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो गई है यह ट्रेन आज दोपहर बारह बजकर पचास मिनट पर मदनमहल की जगह जबलपुर स्टेशन से रवाना हुई जो रात्रि ग्यारह बजे अंबिकापुर पहुंचेगी वहीं अंबिकापुर से यह ट्रेन अगले दिन सुबह सवा छह बजे जबलपुर के लिए रवाना होगी हाथी उत्पात रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम कोयलार बस्ती में आज सुबह हाथियों के हमले में एक बुजूर्ग महिला की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक यह महिला सुबह गांव से कुछ दूरी पर स्थित बाड़ी के पास गई थी जहां दो जंगली हाथियों ने महिला पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई उधर धमतरी जिले के ग्राम पंचायत अरौद डुबान के आश्रित गांव उरपुटी में बीती रात हाथियों के दल ने दो मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया इस दौरान घर में रह रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई आज सुबह गांव के सरपंच ने इसकी सुचना स्थानीय विधायक रंजना साहू और वन विभाग को दी डीएफओ अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि ग्राम उरपुटी में हाथियों द्वारा उत्पात मचाने की खबर मिली है उन्होंने कहा कि प्रभावित ग्रामीणों को हुए नुकसान का आंकलन कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर रखी हुई है गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है विश्व मुदा दिवस आज विश्व मुदा दिवस है इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने मुदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है और बहुत से देशों के लिए मिसाल कायम की है आज एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि विश्वभर में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है ये न केवल मिट्टी की गुणवत्ता के लिए लाभप्रद है बल्कि अच्छे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है इधर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर में विश्व मृदा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर टेडिया सर ने मिट्टी को जीवंत रखने और मिट्टी जैव विविधता को संरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि मिट्टी सूक्ष्म जीवों का घर होता है और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी को जीवंत कहा गया है वर्चुअल मैराथन छत्तीसगढ़ में पहली बार आगामी तेरह दिसंबर को वर्च्अल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा मैराथन के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं होंगे प्रतिभागी घर पार्क मैदान सड़क या किसी अन्य सुरिक्षत स्थान पर सोशल डिस्टिंसिंग का पालन कर दौड़ते हुए अपनी बीस से तीस सेकेंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर तेरह दिसंबर को सुबह छह से ग्यारह बजे तक अपलोड कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन दस दिसंबर तक खेल और युवा कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राज्यपाल ने आदिवासी जननायक स्वतंत्रता सेनानी कंगला मांझी को स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने आज राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन गैस रिसाव से एक मरीज की मौत के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग द्वारा एक दिसंबर से स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है इसके तहत आज कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों ने ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों और उसके आसपास के परिसर की साफ सफाई की स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चालक नेत्र परीक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है इसके तहत सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों की आंखों की जांच की जा रही है कबीरधाम जिले के भोरमदेव और सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना में गन्ने की खरीदी और पेराई का कार्य शुरू हो गया है महासमुंद जिले में अगले वर्ष सत्रह से उन्नीस जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा इसके तहत शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी जिला चिकित्सालय जांजगीर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर आगामी आठ दिसंबर से प्रत्येक